राज्यधानी ईटानगर में आयोजित अरुणाचल परिवर्तन और महत्वकांक्षी नेता कनक्लेव में रविवार को श्री सिंन्हा बोल रहे थे उन्होंने कहा कि होलोंगी हवाई अड़डे के भौगोलिक बनावट और बड़ी रनवे के कारण यहां से सीधे महानगरों में उड़ान सेवा मुहैया कराने और जेट एयरक्राफ़्ट की उड़ान भरने में भी यह हवाई अड्डा सक्षम होगा केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस वर्ष के दिसबंर में भूमिपूजन किया जाएगा उन्होंने बताया कि इस परियोजना के लिए बारह सौ करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा अरुणाचल के हवाई कनेक्टिविटी के भविष्य की योजना को लेकर श्री सिन्हा ने बताया कि आगामी दस वर्षो में पूरे अरुणाचल को एविएशन सेवा से जोड़ा जाएगा केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अड़ान योजना के अंतर्गत अरुणाचल के छोटे बड़े सभी नगरों को हेलिकॉप्टर सीप्लेन और यात्री ड्रोन सेवाओं से जोड़ा जाएगा तीन दिवसीय चले अटल कनक्लेव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अटल कनक्लेव को अगले वर्ष से कैलेंडर इवेंट बनाने की घोषणा की इस अवसर पर छात्रों के साथ इंटरैक्टिव सेशन में श्री खांडू ने कहा कि इस कनक्लेव के जरिए राज्य सरकार टीम अरुणाचल के हिस्से के रुप में छात्रों को शामिल कराना चाहते है उन्होंने वादा किया कि तीन दिवसीय चले कनक्लेव में रखे विचार और प्रस्तुत कागजातों को योजना विभाग जांच करेंगे ताकि इसे राज्य सरकार के पॉलिसी कार्यक्रमों में शामिल किया जा सके राज्य सरकार के आऊटरिच कार्यक्रमों के प्रसार प्रचार में मदद करने वाले छात्रों के लिए उन्होंने प्रति माह पांच हजार रुपये मानदेय देने का प्रस्ताव रखा

इस वर्ष विश्व वन्य जीव सप्ताह का विषय है बिग केट्स प्रीडेटोर्स अंडर ट्रीट्स वन्य जीवन सप्ताह वनस्पति और जीवों के खासकर बड़ी बिल्लियों के संरक्षण पर जागरुकता लाने के लिए हर वर्ष आयोजित किया जाता है देहराद्रन स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिक दल वन्यजीवों खासकर विलुप्त और लुप्त प्राय प्रजातियों के व्यापक सर्वेक्षण के लिए सियांग क्षेत्र का दौरा करेंगे डॉ अभिजीत दास के नेतृत्व में दल कल ईस्ट सियांग जिला मुख्यालय पासीघाट पहुंचे वन्यजीवों के व्यापक सर्वेक्षण के साथ साथ वन्यजीवों का सामाजिक और आर्थिक तौर पर असर पर भी अध्यन किया जाएगा इसके अलावा फोटोग्राफी साउण्ड ट्रेकिंग और वन्य जीवों के प्रजातियों का दस्तावेजीकरण भी किया जाएगा असम सरकार राज्य के चाय बागानों में काम करने वाली गर्भवती महिलाओं के लिए आज से मजदूरी क्षतिपूर्ति योजना शुरु की मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज ग्रवाहाटी में योजना की विधिवत श्रुआत की इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को बारह हजार रुपये दिए जाएंगे ताकि वह अपने परिवार की आजीविका को प्रभावित किए बिना जन्म लेने वाले बच्चे और अपनी समुचित देखभाल कर सके उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ पोषाहार उपलब्ध कराया जाएगा प्रमुख इंटरनेट कंपनी गूगल तथा सोशल मीडिया के ट्वीटर और फेसबुक ने निर्वाचन आयोग को चुनावों की शुचिता बनाये रखने का आश्वासन दिया है इन कंपनियों ने कहा है कि वे अपने प्लेटफोर्म का इस्तेमाल किसी भी ऐसी विषय वस्तु के लिए नहीं होने देंगे जिससे दुष्प्रचार का मतदाताओं पर असर पड़ता हो मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओ पी रावत ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान एक छोटी प्रायोगिक परियोजना का परीक्षण किया गया था और अब लोकसभा च्रनाव से पहले इस बारे में एक बड़ा परीक्षण होगा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना मातृत्व लाभ से जुड़ा एक कार्यक्रम है जो देश के सभी जिलों में लागू किया जा रहा है

रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि त्यौहार के मौसम में नकदी की मांग पूरी करने के लिए वह इस महीने सरकारी बांडो की खरीद के जरिए छत्तीस हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था करेगा आज एक विज्ञप्ति में बैंक ने कहा कि ओपेन मार्केट ऑपरेशंस ओएमओ के तहत सरकारी प्रतिभूतिया खरीदने का जो फैसला किया गया है वह टिकाऊतौर पर नकदी की आवश्यकताओं के आकलन पर आधारित है

आज का अधिकतम तापमान बत्तीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान तैईस डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया